राज्य सरकार कोटद्वार में देश का पहला आयुर्वेद शोध संस्थान बनाएगी देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर अब यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले हैंड बैग पर टैग नहीं लगाना पड़ेगा

दिशा निर्देश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार से पहाड़ों में स्थित विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू करने को कहा है आयोग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कुछ उपाय तत्काल सुनिश्चित किये जाने के सुझाव भी दिये हैं

सर्वेक्षणों से भी राज्य के पहाड़ी स्कूलों की दशा सही न होने की बात सामने आई है उन्होंने कहा कि कक्षाओं का संचालन खस्ताहाल इमारतों में हो रहा है जिससे बच्चों के जीवन को खतरा है वहीं विद्यालयों को जाने वाली सडकें भी असुरक्षित हैं दिशा निर्देश जारी इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में श्री खंडूडी ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने के सुझाव भी दिए हैं इन उपायों में हर स्कूल में दो गेट फर्स्ट एड बाक्स और दो मंजिला इमारतों में सीढियों पर रेलिंग होने की बात भी कहीं गयी है

उदघाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रूड़की स्थित पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उदघाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि ने आयुर्वेद और योग को विश्व में स्थापित करने में महत्वूपर्ण योगदान दिया है उन्होंने बताया कि पतंजलि द्वारा वर्तमान में कई प्रकार की लाभकारी औषधियों का निर्माण किया जा रहा है श्री रावत ने कहा कि भारत ने आज पूरे विश्व में अपने आध्यात्मिक आयुर्वेदिक साहित्यक और वैदिक ज्ञान के कारण एक विशेष पहचान बनाई है उन्होंने आयुर्वेद को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए पतंजलि और राज्य सरकार को शोध के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता बताई इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों को एविडेंस बेस मेडिसिन को मान्यता दिलाना उनका उद्देश्य है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और वेदों के ज्ञान को अक्षुण बनाये रखने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय कई युवा ब्रम्हचारियों को देश में वैदिक साम्राज्य की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तैयार करेगा उदघाटन जारी आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अन्तराष्ट्रीय योग दिवस की उत्पति का श्रेय भारत को जाता है उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति को वैज्ञानिक तरीके से करने का काम किया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोटद्वार के निकट चरक डाण्डा में देश का पहला आयुर्वेद शोध संस्थान बनाने का निर्णय लिया है

भाजपा संगठन सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है बीजेपी के देहरादून महानगर अध्यक्ष विनय गोयल ने कहा कि एक साल में भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है भाजपा शासनकाल में योजनाओं पर तेज गति से कार्य हो रहा है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हुई है जानकारी प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग अब नफरत और हिंसा की राजनीति को खारिज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी श्री कुमार ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि त्रिपुरा नगालैंड और मेघालय में भाजपा की विजय विचारधारा की जीत है श्री मोदी ने बैठक में कहा कि पूर्वोत्तर में विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि वे देशवांसियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए कड़ा परिश्रम करें अस्थायी पुल कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लखनपुर के पास पिछले दिनों हुए भूस्खलन के कारण इस बार ग्रीष्मकालीन प्रवास करने वाले ग्रामीणों और कैलास मानसरोवर यात्रियों को दो किलोमीटर का सफर नेपाल से होकर करना पड़ेगा

पिथौरागढ़ में आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव जिलाधिकारी ने नेपाल से आए अधिकारियों के सामने रखा जिस पर नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने सहमति जताई है

हवाई यात्रा देहराद्न के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर अब यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले हैंड बैग पर टैग नहीं लगाना पड़ेगा सुरक्षा कीदृष्टि से लगाये जाने वाले टैग की परंपरा को एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने समाप्त कर दिया है

एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने बताया कि हवाई अड्डे पर भीड़ नियंत्रण और लोगों के समय को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है

जहां एक ओर भरारीसैण में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है वहीं जिलाधिकारी ने बजट सत्र में आवश्यक विभागीय सुचना और जानकारियों को भी अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी ने आठ मार्च को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है बैठक में अधिकारियों को बजट सत्र की व्यवस्थाओं के संबंध में भी सूचनाओं को साथ लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं रोजगार मेला पिथौरागढ़ जिले में कौशल विभाग और सेवायोजन विभाग के सौजन्य से दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है मेले का शुभारम्भ आज डीडीहाट के क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चुफाल ने किया

हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि मेले में जिले के विभिन्न स्थानों से युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और दोपहर तक मेले में लगभग ढाई हजार से ज्यादा युवकों ने अपना पंजीकरण कराया है इस मेले के आयोजन से बेरोजगार युवाओं में खुशी का माहौल है क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीमान्त जिला पिथौरागढ़ एक दूरस्थ क्षेत्र है और इस जगह पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है उधर नई टिहरी में जिला सेवा योजन विभाग द्वारा आईटीआई परिसर में रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया इस मेले में आई विभिन्न कम्पनियों द्वारा बेरोजगारों युवाओं को साक्षातकर के माध्यम से नियुक्तियां दी गयी

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारर रोजगार भर्ती मेले के माध्यम से पारदर्शिता के साथ बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवा रही है जिससे रोजगार के साथ साथ पलायन पर भी रोक लगेगी चैक वितरण चमोली जिले में ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत बांजबगड में प्रभावित भवन स्वामियों व्यवसायियों और काश्ताकरों को जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा वितरित किया गया

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बांजबगड के खातेदार और सह खातेदारों द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम ऑल वेदर रोड निर्माण में पूरा सहयोग दिया जा रहा है और यहां के प्रभावितों ने किसी प्रकार से अनापत्ति दर्ज नही की है समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक आध्निक सूचना तकनीकि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है उन्होंने राज्य का डाटा बेस सेन्टर शीघ्र तैयार करने और सभी न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने आईटी के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं को लागू करने में तेजी लाने को भी कहा देहरादून में आईटी विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम करने को कहा उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों तक आईटी की पहुंच सुनिश्चित होने से ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंच सकेगा

नाबार्ड चमोली जिला प्रशासन ने जिले में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनओं पर काम पूरा हो चुका है उनकी पीसीआर रिपोर्ट नाबार्ड को भेजी जाए